पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान

संगोष्ठी कल तक चलेगी संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे इस बारे में स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित संगोष्ठी में देश भर के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण शिक्षाविद शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नीति निर्माता भाग लेंगे संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो एम जगदीश कुमार बीज वक्तव्य देंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो कैलाश चंद्र शर्मा प्रास्ताविक होंगे

इसमें नीति में शिक्षक शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर समग्र चर्चा होगी

यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है रात्रि सफारी राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के नैसर्गिक सौन्दर्य और वन्य प्राणियों को अब रात्रि में देखने के लिये रात्रि सफारी शुरू की गई है कल प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के विहार वीथिका में प्रदेश की पहली रात्रि सफारी के शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्यान में रात्रि सफारी के शुरू होने से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि इसके प्रारंभ होने से पर्यटकों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी होगी

उन्होंने इसके लिये बैटरी चलित दो नावों के लिये पाँच पाँच लाख रूपये देने की घोषणा भी की

इसमें आम लोगों के लिए संयुक्त डिग्री दोहरी डिग्री और साझा कार्यक्रम की व्यवस्था है श्री पोखरियाल ने सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं शिक्षामंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस पहलू के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय को सक्षम करने के लिए शिक्षाविदों और अन्य सभी हितधारकों सहित जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है

कोविड मप्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल हमीदिया अस्पताल में कोविड का टीका लगवाया मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड का वैक्सीन लगवाकर कोरोना से मुक्ति पाने के अभियान को गति दें

हमारे संवाददाता ने बताया कि न्यास ने अयोध्या में एक हजार चालीस वर्ग मीटर जमीन खरीदी है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरो पर हैं जबकि दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर परिसर को बढाने का योजना बना है न्यास ने मंदिर परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर भूमि खरीदी है इसके लिए न्यास ने दो करोड रुपये का भुगतान किया है

शिविर में सभी शासकीय विभागों में कार्यरत महिला अधिकारियों कर्मचारियों की बीमारियों की निःशुल्क जॉच की जाएगी